राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी रहने के कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है इसके पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्योरी ने राज्य की स्थिति के बारे में अपनी रिपोर्ट केद्र को सौंपी जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की गई इसके बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हई जिसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गई

भाजपा लोधी पन्ना जिले के पवई से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे प्रहलाद लोधी की सजा पर जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के खिलाफ प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी यह जानकारी आज राज्य के एड़वोकेट जनरल शशांक शेखर ने जबलप्र में दी वहीं श्री लोधी की सदस्यता बहाली को लेकर कल भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलेगा

ब्रिक्स देशों में ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु है

यह छठी बार है जब श्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं रवाना होने से पहले टवीट कर श्री मोदी ने कहा कि वे विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक सहयोग पर ब्रिक्स देश के नेताओं के साथ बातचीत के इच्छ्क हैं

यह जानकारी आज केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने रायसेन जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची में एक कार्यकम के दौरान दी

उन्होंने रायसेन जिला मुख्यालय स्थित दुर्ग में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही रायसेन के बाद श्री पटेल विदिशा भी गए और वहां विदिशा मठ मंदिर पुजारी महासभा के सदस्यों से मुलाकात की

इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पंजाब के कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल अमृतसर के स्वर्ण मॅदिर को भी फूलों से सजाया गया है प्रदेश में भी प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोगों को बधाई दी है भोपाल में हमीदिया रोड के नानकसर गुरूद्वारा में सुबह शबद कीर्तन हुए और रागी जत्थों ने गुरूओं की शौर्य गाथाओं का वर्णन किया जबलपुर में मालवीय चौक के पास ग्रूद्वारा में कीर्तन हुए और ग्रू का अट्ट लंगर चला शहर के ग्वारीघांट गोरखपुर मदनमहल सहित प्रमुख गुरूद्वारों में बड़ी संख्या में सिखों ने अरदास की शहडोल जिले के घरौला गुरूद्वारा में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए और गुरूनानक देव के चरित्र पर कथा की गई छिंदवाड़ा आगरमालवा शिवपुरी होशंगाबाद टीकमगढ़ बैतूल खंडवा पन्ना रायसेन सहित पूरे प्रदेश में प्रकाश पर्व परम्परागत हर्षोल्लास के साथ मनाये जाने की खबरें मिल रही हैं इस मौके पर प्रदेशभर के सरकारी भवनों को भी विशेष रूप से सजाया गया है